स्वास्थ्य मंत्रालय चिकित्सक केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों में स्थित अस्पतालों में चिकित्सकों और अर्द्व चिकित्साकर्मियों के खाली पद भरने का परामर्श जारी किया है इसका उद्देश्य इन कर्मचारियों पर काम के अधिक बोझ को दूर करना और चिकित्सकों रोगियों के वैश्विक अनुपात को बनाए रखना है लोकसभा में स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मंत्रालय ने राज्यों से दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे चिकित्सकों और अर्द्व चिकित्साकर्मियों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान करने को कहा है राशन कार्ड पात्रता प्रदेश में छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को मिलने वाले अनाज की मात्रा में आंशिक बदलाव किया गया है अगले महीने से हितग्राहियों को संशोधित पात्रतानुसार एक रूपये किलो की दर पर अनाज मिलेगा खाद्य विभाग की अधिसूचना के मुताबिक प्राथमिकता परिवारों के एक सदस्य वाले राशन कार्ड पर दस किलो दो सदस्य वाले राशनकार्ड पर बीस किलो और तीन से पांच सदस्य वाले राशनकार्ड पर पैंतीस किलो खाद्यान्न प्रतिमाह मिलेगा इसी तरह पांच से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड पर सात किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह के हिसाब से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा खाद्य आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक को पत्र लिखा है आयुक्त ने बताया कि अगस्त माह के लिए प्राथमिकता राशनकार्डो में संशोधित पात्रतानुसार खाद्यान्न का आबंटन जारी किया गया है उन्होंने राशन दुकानों में संशोधित पात्रता की जानकारी प्रदर्शित कराने और व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए हैं केंद्रीय वित्त आयोग दौरा पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग के सदस्य तेईस से पच्चीस जुलाई तक राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर आएंगे आयोग के भ्रमण की तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए भ्रमण के दौरान आयोग के सदस्य राज्य की भौगोलिक सामाजिक आर्थिक औद्योगिक राजनैतिक आदि परिदृश्यों की जानकारी लेंगे साथ ही राज्य के विकास में रूकावट या बाधा बन रहे तथ्यों से भी अवगत होंगे सदस्यों को राज्य की माओवादी समस्या और उससे जुड़े विभिन्न तथ्यों के विषय में बताया जाएगा पंचायत राज्य संस्थाओं और नगरीय निकायों के सदस्यों से चर्चा होगी इसके अलावा विभिन्न राजनितिक दलों से वित्त आयोग के सदस्य मिलेंगे आयोग के सदस्य मंत्रालय में मुख्यमंत्री और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय वित्त आयोग का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है आयोग प्रत्येक पांच वर्ष में विभिन्न राज्यों का भ्रमण करता है और केन्द्र सरकार को यह अनुशंसा करता है कि किस आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी एनजीटी जैव विविधता राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के आदेश पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जाएगा ये समितियां अधिवेशन आयोजित कर आम लोगों से जैव विविधता प्रबंधन के लिए सुझाव लेंगी एनजीटी ने इसके लिए राज्य शासन को नौ अगस्त तक का समय दिया है नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों नगर निगमों के आयुक्तों नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के सीईओ को पत्र लिया है पत्र के मुताबिक एनजीटी ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी राज्यों को नगरीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन का आदेश दिया है समितियों का गठन जैव विविधता अधिनियम और नियम के अनुरूप होगा इसके साथ ही सभी निकायों में जैव विविधता पंजी भी तैयार की जाएगी दुर्ग बैंक नोटिस जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के संचालक मंडल को कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा और बैंकिंग सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कार्य करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है पंजीयक सहकारी संस्थाएं धनंजय देवांगन ने नोटिस में संचालक मंडल को हटाने का प्रस्ताव किया है संचालक मंडल को तीस जुलाई के पहले अभ्यावेदन प्रस्तुत करने कहा गया है इस प्रकरण की सुनवाई एक अगस्त को होगी

इसमें मंत्रियों के पिछले छह महीनों के कामकाज की समीक्षा की गई बैठक में पीएचई मंत्री गुरू रूद्रकुमार और महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया मौजूद थीं श्री पुनिया कल भी बाकी मंत्रियों की बैठक लेकर उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे बीज बोआई महाभियान प्रदेश के वन क्षेत्रों में फलदार और वन क्षेत्रों से बाहर सब्जी प्रजातियों के बीजों की बोआई का महाअभियान शुरू किया गया है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणियों के लिए पर्याप्त भोजन और ग्रामीणों के लिए सब्जी उपलब्ध कराना है वन विभाग के मुताबिक चयनित भूमि में फलदार और सब्जी बीजों की बोआई के बाद उसकी सुरक्षा तथा रखरखाव का दायित्व संबंधित वन समिति के सदस्यों को सौंपा गया है राज्य के सभी वनमंडलों में इस महाअभियान की शुरूआत की गई है इसके तहत फलदार प्रजातियों में आम कटहल जामुन बेल बेर करोंदा तथा सब्जी प्रजातियों में लौकी बरबट्टी भिण्डी और बैगन के बीजों की बोआई की जा रही है प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि वन्य प्राणियों के प्राकृतिक रहवास में भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हर साल ग्यारह जुलाई को बीज बोआई महापर्व का आयोजन किया जाएगा पीएससी परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा आगामी तेईस से छब्बीस जुलाई तक होगी इसके लिए राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर दुर्ग मिलाई जगदलपुर और अंबिकापुर में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं इस बार किसी भी अम्यर्थी को अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया जा सकता है राज्य सेवा परीक्षा दो हजार अट्ठारह की अधिसूचना बीते अक्टूबर माह में जारी की गई थी इसके जरिये राज्य प्रशासनिक सेवा के करीब पौने तीन सौ पदों पर भर्ती होनी है इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा बीते सत्रह फरवरी को आयोजित की गई थी परीक्षा परिणाम के आधार पर करीब चार हजार अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है मुख्य परीक्षा में कुल सात प्रश्न पत्र होंगे जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट़ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायप्र केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में महासमुंद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी चन्द्र ग्रहण इस महीने की सत्रह तारीख को आंशिक चन्द्र ग्रहण लगेगा यह देश के अति पूर्वोत्तर भाग अरूणाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में देखा जा सकेगा चन्द्र ग्रहण रात एक बजकर इकतीस मिनट पर शुरू होगा और सुबह साढ़े चार बजे समाप्त होगा

वहीं दुर्ग जिले के जामुल क्षेत्र में ढौर गांव के पास बीती रात चारपहिया वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई घटना के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए दूसरी ओर रायगढ़ जिले में पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के ग्राम सरायपाली के पास ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई मौसम प्रदेश में इन दिनों मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ गई है इसके चलते अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना कम है मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ सहित ओडिशा मध्यप्रदेश और विदर्भ में पिछले कुछ दिनों से बहुत कम बारिश हो रही है बंगाल की खाड़ी में कोई नया सिस्टम बनने के बाद ही प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकती है बारिश न होने के कारण तापमान में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है